मुख्यमंत्री ने इस ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के लिए अधिकारियों को एमओयू निर्धारित करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री आज शिमला में इन्वेस्टर्स मीट के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन वाली सभी प्रमुख परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ वन दू वन बैठकों पर जोर दिया उन्होंने अधिकारियों को रिलायंस टाटा महिन्द्रा और गोदरेज जैसे बड़े औद्योगिक घरानों को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए ताकि इन घरानों के उद्यम जल्द शुरू किए जा सकें एमओयू मंडी ज़िले के नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिए आज नई दिल्ली में प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन और नागरिक विमानन निदेशक यूनुस जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से कार्यकारी निदेशक योजना एच एस बलहाड़ा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से किया जाएगा

राज्य सरकार इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करेगी जबकि संयुक्त उद्यम कंपनी हवाई अड्डे का निर्माण संचालन और प्रबंधन देखेगी मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा और अच्छी धूप निकलने से ठंड से लोगों को कुछ राहत मिली है हालांकि तापमान में गिरावट के चलते कडाके की ठंड का दौर जारी है जनजातीय इलाकों संहित अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है इन इलाकों में हिमपात से बंद सड़कों को बहाल करने और बाधित बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने के प्रयास युद्धस्तर पर शुरू कर दिए गए है लाहौल स्पिति जिले में हिमस्खलन से अवरूद्ध चन्द्रभागा नदी का बहाव अब सामान्य हो गया है उधर किन्नौर जिला के निचार विकास खंड के डेढ़ सुंगरा में आज सुबह भू स्खलन के कारण राष्ट्रीय उच्चमार्ग पांच अवरूद्व हो गया है इससे सैकड़ों यात्री सड़क के दोनों तरफ फंसे हुए हैं हालांकि किसी जानमाल का कोई नुक्सान नहीं हुआ है

मौसम विभाग ने आज उच्च व मध्य पर्वतीय इलाकों में एक दो स्थानों पर वर्षा व हिमपात जबकि निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है

शिमला जिला भाजपा ने इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मैहता के नेतृत्व में कसुम्पटी ढली और शोघी बाजार में रैलियां निकालीं रवि मैहता ने इस मौके पर कहा कि जन जागरण अभियान के तहत बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पोस्ट कार्ड द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति समर्थन पत्र भेजे गए

इस अग्निकांड में करोडों रूपये की संपत्ति राख हो जाने का अनुमान है आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है इस बीच स्थानीय विधायक व प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने देर रात ही घटना स्थल का दौरा किया तथा राहत व बचाव कार्यो का जायजा लिया बरागटा ने बताया कि इस अग्निकांड में प्रभावित परिवारों को एक लाख रूपये की नगद राशि उपलब्ध करवाई गई है उन्होंने इस अग्निकांड पर गहरा दुख जताया और कहा कि सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा नेताओं पर झठ बोलने और लोगों को ग्रमराह करने का आरोप लगाया है विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक बयान में वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी द्वारा उन्हें लेकर दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें न तो सूरत नेगी और न ही भाजपा के किसी अन्य नेता से प्रमाण पत्र की जुरूरत है उन्होंने बर्फबारी के कारण लोगों कों हो रही समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि भाजपा नेता सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं और उन्हें आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है